न्यायालय ने श्री कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष मेघालय की राजधानी शिलंग में पेश होने को कहा न्यायालय ने कहा कि पृछताछ के दौरान कोलकाता पुलिस आयक्त की न तो गिरफ्तारी की जाएगी और न ही उनके खिलाफ किसी तरह के बलपूर्वक कदम उठाये जाएगे

न्यायालयसीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्री कमार घोटाले से जुडे इलेक्ट्रॉनिक सबृतों के साथ छेड़छाड़कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने सीबीआई को फर्जी दस्तावेजसौंपे हैं

इस बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के धरने पर बैठने को नियमों और सेवा शर्तो का घोर उल्लंघन करार देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है

संसद से बाहर श्री प्रसाद ने कहा कि चिटफंड घोटाला मामलेकी निष्पक्ष जांच जारी रहेगी

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी घोटाले के बहत से रहस्यों को जानते हैं

संसद के बाहर श्री ब्रायन ने इस मामलेमें समर्थन देने के लिए सभी विपक्षी दलों का आभार व्यक्त किया

लोकसभा की कार्यवाही दिन के दो बजे और फिर चार बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भरके लिए स्थगित कर दी गई

संसदके बाहर श्री तोमर ने कहा कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जांच एजेंसी को सहयोग करे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष स्वायत्त संस्थाओं की साख कमजोर करने की सरकारकी कोशिश का केवल विरोध कर रहा है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

साथ ही प्रदेश की रूकी हई परियोजनाओं पर भी इनसे विमर्श हुआ उन्होंने केन्द्रीय मंत्री उमा भारती के साथ मुलाकात के दौरान प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से त्वरित कार्यवाही और आवश्यक वित्तीय मदद दिलवाने का आग्रह किया

इस माह में कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेता राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए प्रदेष में आने वाले हैं

उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चूनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं श्री प्रनिया ने बताया कि चुनावों को पार्टी की संगठनात्मक तैयारियां शुरू हो गयी हैं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

चिकित्सा निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्यो को इसके निर्देश दिए हैं निर्देशों में कहा गया है कि इन यूनिट के लिए अलग से नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया जाएगा साथ ही कहा गया है कि अब स्वाइनफलू के संदिग्ध मरीजों को जांच रिपोर्ट आने तक इससे पीड़ित मरीजों से अलग रखा जाएगा निंदेशालय ने इसके अलावा वरिष्ठ चिकित्सकों के नेतृत्व में अलग से एक किटिकल केयर यूनिट की व्यवस्था करने को भी कहा है ताकि गंभीर मरीजों को तुरंत चिकित्सा मिल सकें

लोकसेवा आयोग ने गोपनीयता का तर्क देते हए वीडियो उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने सीकर निवासी महेन्द्र कुमार की अपील स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि आरपीएससी के कामकाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक है

पहला हादसा पाली जिले के सोजत में हुआ जहां रोडवेज की एक बस ट्रक से टकरा गयी इसमें बस के परिचालक और एक यात्री की मौत हो गयी

वहीं दूसरी दूर्घटना जयपुर जिले में हुई जहां यात्रियों से भरी एक बस जयपुर कोटा राजमार्ग पर पुल से नीचे गिर गयी

सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को दी जा रही निशुल्क कोचिंग कक्षाओं में अब आईएएस और आरएएस अधिकारी भी पढाएंगे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 सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में पिछले महीने से प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम शुरू किया है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

बाडमेर में गोली चलने से बीएसएफ के दो जवान घायल हो गये